कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें दर्मी घाटी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार पहाड़ की महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटाने की योजना बना रही है इस योजना को अमल में लाने के लिये आगामी बजट में धनराशि की घोषणा की जाएगी उन्होंने कहा कि इस योजना को अगले पांच वर्ष में पूरी तरह धरातल पर उतार दिया जाएगा मुख्यमंत्री आज चमोली जिले की दर्गम घाटी दर्मी पहंचे जहां स्थानीय लोगों ने उनको सम्मानित किया राज्य स्थापना दिवस पर ऐतिहासिक दुर्मी ताल के पुनर्निर्माण की घोषणा किए जाने पर जनता ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दुर्मी निजमुला घाटी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने समेत बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए ब्नियादी स्विधाओं से संबंधित कई घोषणाएं कीं

विकास और ब्नियादी स्विधाओं की दृष्टि से इस घाटी में अभी बहत क्छ होना बाकी है वैक्सीनेशन फेज ट् म्ख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा है कि अगले सप्ताह से फ्रंटलाईन वर्कर्स का कोविड टीकाकरण श्रू होगा उन्होंने अधिकारियों को इससे पहले हेल्थ वर्करों का टीकाकरण पूरा करने के निर्देश दिये हैं

मुख्य सचिव ने कोविड वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हए माईक्रो प्लानिंग के निर्देश दिये

इसके अन्सार कृम्भ में लगे प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का वैक्सीनेशन किया जाना है जिसको देखते हए अतिरिक्त वैक्सीन की व्यवस्था की गयी है उन्होंने कहा कि इसके लिए हरिदवार जिले को विशेष व्यवस्थाएं करनी होंगी

टीकाकरण अभियान अल्मोड़ा में आज से कोरोना टीकारण का तीन दिवसीय टीकाकरण अभियान श्रू हो रहा है इस अभियान के तहत प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय में स्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को वैक्सीन लगाई जाएगी इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं इसकी सूचना उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर योगेश प्रोहित ने दी

म्ख्यमंत्री ने परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा स्विधा के लिए निगम को प्रतिकर भुगतान पर भी सहमति दे दी है

कमाऊं रेजिमेंट भर्ती कमाऊं मण्डल आयक्त अरिवन्द सिंह हयांकी ने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को कुमाऊं रेजिमेंट की भर्ती में सेना के अधिकारियों को सहयोग देने के निर्देश दिये हैं

क्माऊं मण्डल आय्क्त ने कहा कि क्माऊं रेजिमेंट सेन्टर रानीखेत के अधिकारियों ने सेना भर्ती रैली के आयोजन के समय अभ्यर्थियों की कोविड जांच समय पर कराये जाने का अन्रोध किया है क्माऊं आयुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अभ्यर्थियों की कोविड जांच समय पर सुलभ कराई जाए उन्होंने कहा कि कोविड परीक्षण केन्द्रों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ तहसीलदार या नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जाए राज्यपाल मलाकात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से राजभवन में गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली राजपथ पर परेड में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखण्ड के एनसीसी दल ने भैंट की एनसीसी कैडेट्स का उत्साहवर्द्धन करते हए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेशवासियों को इस उपलब्धि पर गर्व है उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स का आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्तित्व य्वाओं के लिये आदर्श है इनकी सेवाओं से देश के विकास को एक नई ऊर्जा मिलेगी इस अवसर पर राज्यपाल ने बेस्ट कैडेट प्रस्कार प्राप्त करने वाली कैडेट हिमानी सिंह डीजी प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाली एनसीसी अधिकारी एकता वर्मा कैडेट मयंक रावत और अन्य कैडेट्स को सम्मानित किया पलायन रोकथाम योजना मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि ऐसी योजनाओं पर फोकस किया जाए जिनसे पलायन रोका जा सके देहरादून में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय एम्पावर्ड समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना का मुख्य उददेश्य चिन्हित पलायन प्रभावित गांवों के परिवारों बेरोजगार युवाओं और रिवर्स माईग्रेन्टस को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाले वर्षो के लिए माईक्रो प्लान तैयार किया जाए उन्होंने कहा कि सभी गांवों की अपनी अपनी विशेष समस्याएं हैं जिनके निराकरण के लिए विलेज स्पेसिफिक प्लान बनाया जाए उन्होंने इस साल ज्लाई तकक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं मौसम प्रदेश में कल और परसो बारिश और बर्फबारी की संभावना है

आज भी देहरादून और टिहरी जिलों सहित राज्य में कहीं कहीं रूक रूक कर बारिश होती रही

यहां के सरिसप आर्किड जीवों पृष्पों परिस्थितिकीय परिवर्तनों जलीय जीवों तितलियों और कीटों आदि पर हो रहे अनुसंधान महत्वपूर्ण है शोधार्थियों को इस दिशा में गंभीरता से समाजोन्मुखी शोध कार्य को निरंतर जारी रखना होगा अल्मोड़ा में आयोजित राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के छठे शोधार्थी सम्मेलन में विषय विशेषज्ञों ने यह बात कही

दुन मेडिकल कॉलेज देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस महीने से सामान्य मरीज भर्ती करने शुरू कर दिए गए हैं हालांकि अभी इमरजेंसी में आने वाले सामान्य मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा आइपीडी भी नॉन सर्जिकल विभागों की ही श्रू की जाएगी कार्यवाहक एमएस केसी पंत ने बताया कि अभी इमरजेंसी आइपीडी इसीलिए शुरू नहीं की जाएगी क्योंकि इमरजेंसी में कोरोना के मरीज भर्ती हो रहे हैं

इसके बाद अन्य आइपीडी और ओटी श्रू करने पर विचार किया जाएगा फायर सीजन चम्पावत जिले में आगामी फायर सीजन को देखते हए सभी तैयारियां प्री की गई है

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वनों में आग लगने के कारण प्राकृतिक और मानवीय रहते हैं लेकिन वनाग्नि की प्रबल संभावना मानवीय होती है उन्होंने वनाग्नि रोकने के लिए सभी विभागों की सहभागिता पर जोर दिया